उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है श्री गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कालीसिंघ परियोजना के कार्य में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और फर्मे के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश मी दिए हैं

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में क्रोडिट को ऑपरेटिव सोसायटी के पीड़ितों के लिये शिकायत सेवा पोर्टल की शुरूआत की उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों के पीड़ितों के दावे निपटारे के लिये इस प्रकार का पोर्टल जारी किया है उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर राजसहकार एप के द्वारा या ई मित्र केन्द्र पर जाकर संबंधित सूचनायें अपलोड कर सकता है श्री आंजना ने सचिवालय में आयोजित जयपुर संभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि शिकायत सेवा पोर्टल के माध्यम से सभी सूचनायें शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा एकत्रित की जायेगी

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी जिला कलेक्टर से घोखाघड़ी करने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों की सम्पत्तियों की सूची मांगी गई है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया ये सभी उत्पाद घरेलू रक्षा उद्योगों द्वारा देश में ही डिजायन और विकसित तथा बनाये जायेंगे यह पहला मौका है जब रक्षा मंत्रालय ने देश के निजी क्षेत्र को जटिल तथा महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद बनाने का मौका दिया है

यह शुक्रवार तक चलेगी

इससे बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है निजी क्षेत्र के बैंक हड़ताल में शामिल नहीं होंगे आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विमाग द्वारा राज्य में पहली बार आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अधिक गुणात्मक बनाकर इसके नियोजित और चरणबद्व विकास के लिए राज्य आयुष नीति तैयार की गई है